लोकसभा भंग राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने केन्द्रीय मंत्री परिषद का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है

चुनाव नतीजों में भाजपा की अगुवाई वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के शानदार प्रदर्शन के बाद कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति को इस्तीफा सौंपा था राष्ट्रपति ने नई सरकार के गठन तक श्री मोदी को प्रधानमंत्री पद का दायित्व संभालने को कहा है

कांग्रेस बैठक लोकसभा चुनाव में मिली पराजय के बाद आज नई दिल्ली में कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक हो रही है इस बैठक में हार के कारणों पर मंथन किया जा रहा है बताया जाता है कि इस बैठक में पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा हार के मद्दे नजर पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफे की पेशकस को कार्य समिति ने नामंजूर कर दिया है इस बैठक में कार्य समिति के सदस्यों के अलावा कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष भाग ले रहे हैं सूत्रों का कहना है कि हार के कारणों की समीक्षा के लिये पार्टी एक समिति का गठन कर सकती है पीएम गुजरात कार्यवाहक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मां से आशीर्वाद लेने के लिये कल ग्रजरात जाएंगे वहीं सोमवार को वे वाराणसी पहुंचकर मतदाताओं का आभार व्यक्त करेंगे एनडीए सांसद बैठक भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के नवनिर्वाचित सांसदों की आज शाम नई दिल्ली में बैठक होगी जिसमें नरेन्द्र मोदी को औपचारिक रूप से संसदीय दल का नेता चुना जाएगा संसद के केन्द्रीय कक्ष में होने वाली इस बैठक से पहले भाजपा संसदीय दल की बैठक भी होगी

राष्ट्रपति को यह सूची तीनों निर्वाचन आयक्तों ने साँपी है

लोकसभा की पांच सौ तैतालीस सीटों में से पांच सौ बयालीस सीटों पर चुनाव कराए गए हैं तमिलनाडु की वेल्लौर सीट पर धन बल के अत्याधिक इस्तेमाल के कारण का चुनाव रद्द कर दिया गया था चुनाव की नई तिथि की अभी घोषणा की जानी है सीबीआई जांच मध्यप्रदेश और दिल्ली में पिछले दिनों पड़े आयकर छापों की जांच सीबीआई को सौंपी गई है

इसी के आधार पर केन्द्रीय कार्मिक विभाग ने सीबीआई को इस मामले की जांच के लिये पत्र लिखा है शिवराज पीसी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि लोकसभा चुनाव में पार्टी की प्रचंड जीत से यह साबित हो गया है कि मतदाताओं ने इन चुनाव में जातिवाद और परिवारवाद से ऊपर उठकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रति अपना विश्वास व्यक्त किया है श्री चौहान ने आज भोपाल में सेंट्रल प्रेस क्लब द्वारा आयोजित प्रेस से मिलिए कार्यक्रम में कहा कि सबका साथ और सबका विकास भाजपा का मुख्य ध्येय है जनता ने इस पर भरोसा जताया है और विपक्ष की नकारात्मक राजनीति को नकार दिया है मध्यप्रदेश के संदर्भ में एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि इन चुनावों में एक तरफ पिछले पांच सालों में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में किये गये कामों के प्रति सकारात्मक रूख था वहीं प्रदेश की कांग्रेस सरकार के प्रति भी लोगों में असंतोष था यही वजह है कि इन चुनावों में भाजपा के वोट प्रतिशत में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है

नया कानून वर्तमान आयकर अधिनियम का स्थान लेगा

कलेक्टर सुदाम पी खांडे ने निजी टयुबवेल बावडी तालाब और अन्य जलस्रोतों को अधिग्रहण के आदेश दिये हैं उन्होंने सभी एसडीएम को यह अधिकार दिये हैं कि उनके इलाके में पानी की किल्लत होने पर वे जलस्रोतों का अधिग्रहण कर सकेंगे पीएचई विभाग ने कलेक्टर को मार्च में जलसंकट की रिपोर्ट पेश की थी इसे देखते हुए नये बोरिंग पर पहले से ही रोक लगा दी गई थी मौसम आज से नौतपा शुरू हो रहा है

हालांकि मौसम वैज्ञानिक नवतपे का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं मानते हैं

कहीं कहीं बादल छाने और तेज हवाएं चलने के साथ साथ ब्रंदाबांदी भी हो सकती है प्रदेश के न्यूनतम तापमान में भी इन दिनों बढ़ोतरी हो रही है

कोई वेदर सिस्टम नहीं बनने नमी में कमी होने और राजस्थान से आ रही गर्म हवाओं के कारण आगामी कुछ दिनों में तापमान में गिरावट की कोई उम्मीद् नहीं है मौसम विभाग ने नवतपे के दिनों में तापमान में और वृद्धि होने के साथ साथ खरगोन छतरपूर दमोह और उमरिया जिलों में ल चलने की आंशका जताई है

इस दौरान उन्हें पोषण और स्वच्छता की जानकारी भी दी जा रही है

जिसमें शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर उन्हें प्रशिक्षण दिया गया